आज वाराणसी में पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतवंशियों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की धरती के विकास में अपनी भूमिका बढ़ायें साथियों मैं आपको भारत का ब्रैंड एम्बेस्डर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ और भारत की क्षमताओं देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवशियों के हित में कई कदम उठाये हैं जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है बीते साढ़े चार क्षों के दौरान संकट में फंसे दो लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के शिन शिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई आपकी सोशल सिक्यूरिटी के साथ साथ पासपोर्ट वीजा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी आपका जुड़ाव और मजबूत हो इसके लिए प्रवासी तीर्थदर्शन योजना की भी शुरूआत की जा रही है आप जिस भी देस में रहते हैं वहां से अपने आसपास के कम से कम पांच परिवार और वह भी नॉन इंडियन भारत आने के लिए प्रेरित करिए आपका यह प्रयास देश में टूरिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निमाएगा प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए हरसंगव सहायता का आश्वासन दिया इससे पहले सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेजी से उपरी है उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया इस प्रवासी भारतीय दिवस के जन्मदाता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को अपना प्रणाम निवेदन करती हूं मित्रों ये प्रवासी भारतीय दिक्स उन्हीं की देन है

सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रघानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने अपना भाषण हिन्दी में श्रुरू करते हुए कहा कि यह सम्मेलन दुनियाभर के भारतवंशियों का सबसे महत्वपूर्ण समागम है उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहल की विखगर में सराहना की गई है

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से अपने संबोषन में प्रघानमंत्री ने अप्रवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर सुख और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है आज ही भारत को जानिए प्रतियोगिता के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया समापन समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान का वितरण भी कल होगा इसके बाद प्रतियागी कंप मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रघानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भेज सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पारा नीचे आ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मेरठ बरेली आगरा बदायूं मुरादाबादहरदोई पीलीभीत और बिजनौर में तेज बारिश हुई है जिसके कारण ठण्ड में बढ़ोत्तरी हुई कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी है मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना है